प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित

इनमें संकमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश एक जुलाई से प्रभावी होंगे

मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार सभागार असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगह बंद रहेगी सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक सहित अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी वहीं अंब रात का कफ्र्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू होगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कफ्यू में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कफ़र्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पांच से अधिक लोग रह सकते हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रकिया अलग से जारी करेगा

उधर केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनलॉक टू के बारे में पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि अनलॉक दू के दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित है श्री भल्ला ने कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक टू के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी

रविवार को मन की बात कार्यकम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने का आग्रह किया था

इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल एप हैं सरकार ने जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया हैं उसमें टिक टॉक शेयर इट वी चैट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं आईटी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली है जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरूपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र ने इन एप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी इस बीच भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के बारे में आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का दूसरा दौर होगा